कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही चिकित्सकों के खाली पद भी भरे जाएंगे

इस अस्पताल को ईएसआईसी खुद संचालित करेगा अस्पताल के निर्माण से क्षेत्र के लगभग डेढ़ लाख श्रमिक परिवारों को फायदा होगा

उसी दिन मतगणना के पश्चात परिणामों की घोषणा की जाएगी

उसके पश्चात मतगणना और परिणामों की घोषणा होगी इन पदो के लिए नामांकन नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की तिथि और समय वही रखा गया है जो जिला पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए घोषित किया गया है राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही संबंधित जनपदों के जिला और क्षेत्र पंचायतों में आचार संहिता प्रभावी हो गई है जो मतगणना की समाप्ति तक लागू रहेगी

यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय तथा प्रेरणादायक योगदान को मान्यता प्रदान करने के साथ ही भारत को मजबूत और एकजुट बनाने के लिए दिया जायेगा पुरस्कार की घोषणा कल सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर की जाएगी

इसको लेकर प्रदेश में भी तैयारियां की गई है उत्तरकाशी में राष्ट्रीय एकता दिवस के सभी कार्यक्रम कीर्ति इंटर कालेज में आयोजित किए जाएंगे सुबह स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाएगी इसके बाद सरदार बल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण किया जाएगा इस मौके पर पुलिस आईटीबीपी होमगार्ड और एनसीसी द्वारा मार्चपास्ट किया जाएगा और फिर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कार्यक्रम के सफल सम्पादन के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है उधर डोईवाला में होने वाली मैराथन दौड़ की तैयारियां पूरी कर ली गई है डोईवाला मे पहली बार होने जा रही ओपन मैराथन के आयोजन से लोगों में उत्साह है

इस दौरान सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रहेगी वहीं प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने लौह पुरुष सरदार पटेल की जयन्ती और राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संदेश में कहा कि आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल ने राष्ट्र की एकता और अखण्डता को अक्ष्णण बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उहोंने कहा कि हम आज जो विस्तृत एकीकृत और सुनहरा भारत देख रहे हैं उसमें सरदार पटेल की कूटनीति और द्रदर्शिता का महत्वपूर्ण योगदान है यूरोपीय संघ नवगठित केन्द्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उप राज्यपालों का शपथग्रहण समारोह कल होगा इसके साथ ही इन्हें केन्द्रशासित प्रदेश का दर्जा मिल जायेगा इस बीच जम्मू कश्मीर यात्रा पर आए यूरोपीय संघ के सांसदों ने कहा है कि वे आतंकवाद को समाप्त करने के प्रयासों में भारत का समर्थन करते हैं राज्य के बाद श्रीनगर में मीडिया को संबोधित करते हुए यूरोपीय संघ के सांसदों ने कहा कि स्थाई शांति और आतंकवाद के सफाये के प्रयासों में वे भारत के साथ हैं

सांसदों ने कहा कि कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं यहां के लोग भारत के साथ पूरी तरह एकीकृत होना चाहते हैं यूरोपीय संघ के सांसदों ने आत्मीय मेहमाननवाजी के लिए केन्द्र सरकार और स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद किया

जिला अस्पताल की समस्याओं के निराकरण के लिए चिकित्साधिकारियों और नागरिक कल्याण मंच की में जिलाधिकारी ने चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा की उन्होंने कहा कि चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक में तैनाती की अनुमति के साथ साथ अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए भी प्रस्ताव रखे जाए जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र में दवाई की मांग और खपत की जानकारी लेने के साथ साथ उपचार के लिए की जा रही औषधियों की मांग और आपूर्ति की भी समीक्षा की उन्होंने रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के साथ ही वार्डों और शौचालयों को स्वच्छ रखने के भी निर्देश दिए

दल को उपमहानिरीक्षक कमांडर महेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

खनन और चुगान नैनीताल जिले की गौला नंधौर दाबका और कोसी नदियों में खनन और चुगान का काम कल से शुरू हो जायेगा जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन नदियों के सभी गेट खनन कार्यों के लिए एक सप्ताह के अंदर खोल दिये जायेंगे जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय प्रबन्धक वन निगम को चारों नदियों के खनन गेटों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये

सूर्यास्त के बाद खनन की अनुमति नहीं होगी जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी एआरटीओ पुलिस अधिकारी और एसडीओ की टीम गठित करते हुए खनन के दौरान नियमित चौकिंग और वीडियोग्राफी करने के निर्देश दिये अवैध तरीके से खनन करते हुए पकड़े जाने पर सम्बन्धित वाहन का पंजीकरण तत्काल निरस्त किया जायेगा जागेश्वर बैठक अल्मोड़ा के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में हुई जागेश्वर मन्दिर प्रबन्धन समिति की बैठक में जागेश्वर धाम के विकास के संबंध में चर्चा की गयी जिलाधिकारी ने प्रबन्धक को मन्दिर समिति की वेबसाईट तैयार करने के निर्देश दिये ताकि मंदिर का व्यापक प्रचार प्रसार हो सके बैठक में पवित्र जटागंगा में विकास कार्य और आसपास के पौराणिक नौलों के संरक्षण के लिए जो कार्य किये जाने हैं उन पर विस्तृत चर्चा की गयी इसके अलावा बैठक में मन्दिर समिति की आय बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया